कानप्र में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रदेश राष्ट्र का सबसे बड़ा और युवाओं का राज्य है उन्होंने युवा ऊर्जा को राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार युवाओं के रोजगार की दिशा में काम कर रही है उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को छत उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्यारह लाख आवास तथा शहरी क्षेत्र में छह लाख आवासों का निर्माण किया जा रहा है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है श्री योगी ने कहा कि पिछले एक वर्ष में राज्य में कानून व्यवस्था सुधरी है और राज्य का हर तरफ दिशा में विकास हुआ है उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में एक वर्ष में पचहत्तर हजार से अधिक मजरों में विद्युतीकरण का कार्य पूरा हुआ है और छप्पन लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं उन्होंने कहा कि वन डिस्टिक वन प्रोर्डक्ट पर सकारात्मक रूप से काम किया जा रहा है इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे तथा आर्थिक मजबूती आयेगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि सरकार दो हजार तीस तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और सतत् विकास लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्द है सुश्री पटेल आज नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रही थीं कार्यशाला का आयोजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया है उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की गृणवत्ता में काफी सुधार हुआ है और इससे माताओं नवजात शिशुओं और बच्चों की मृत्यू दर में कमी आई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौवे ने समावेशी विकास प्रक्रिया में संतुलन बनाये रखने की अपील की उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी अभियान सुवारू रूप से चलाये जा रहे हैं और केन्द्र दो हजार पचीस तक देश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह सभी आय वर्ग की महिलाओं को सबरीमला मंदिर में प्रवेश की अनुमति संबंधी आदेश पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई तिथि पर कल फैसला करेगा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की खण्डपीठ ने अधिवक्ता मैथ्यूस जे निद्म्पारा के इस अनुरोध पर विचार किया कि संविधान पीठ के इस फैसले पर उनकी पुनर्विचार याचिका को तुरन्त सुनवाई के लिए सूचीबद्द किया जाए पांच न्यायाधीशों की खण्डपीठ ने चार न्यायाधीशों के समर्थन से फैसला दिया था कि केरल के सबरीमला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को जाने की अनुमति दी जाए केन्द्र सरकार का मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किसानों के लिए वरदान सिद्व हो रहा है उत्तर प्रदेश में लाखों किसान इस कार्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं और अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा रहे हैं हमारे लखनऊ संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिये उत्तर प्रदेश में किसान अपने खेत की मृदा के पोषक तत्वों की सही जानकारी हासिल करके उर्वरकों की सही मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं इससे किसानों की लागत में बचत हो रही है

कानपुर के किसान शिवकुमार सचान बताते हैं किसान हेत्थ कार्ड के रिकॉमेंडेशन से हमारे खेतों की मिट्टी अच्छी हो रही है और मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बन रहा है और फिर आय भी हमारी बढ़ रही है और आम किसानों का भी काफी लाभ हो रहा है इसमें किसान का कोई पैसा नहीं लगता है पूरे प्रदेश में अब तक ढाई करोड़ से अधिक किसानों ने अपनी मिट्टी का परीक्षण करवाते हुए मुदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाये हैं इससे किसानों का खर्च तो बचा ही है साथ ही पैदावार बढ़ने से उनकी आय दोगुनी करने का सरकार का अभियान भी कामयाब होता नजर आ रहा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये आजमगढ़ जनपद में जीयनपुर पुलिस थाना अन्तर्गत आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर आज एक सड़क दुर्घटना में चार लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये रजदेप्र गांव के पास हुई इस दुर्घटना में सभी मृतक नेपाल के निवासी है यह लोग वाराणसी जा रहे थे कन्नौज जनपद के अन्तर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में कार सवार एक महिला सहित तीन लोगों की मौत हो गई सभी मृतक प्रतापगढ़ के रहने वाले थे वहीं प्रतापगढ़ के हथगवां थाना क्षेत्र में हाईटेंशन बिजली तार की चपेट में आकर आज सुवह एक युवक की मौत हो गई मैनपुरी जनपद के थाना एलाऊ क्षेत्र में एक निजी बस के पलट जाने से ग्यारह यात्री घायल हो गये जिनर्म से दो की हालत गंभीर बनी हुई है घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है